उन्होंने कहा कि विधेयक के पारित होने से राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल किसी व्यक्ति के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर सकती है उन्होंने कहा कि एनआईए को संयुक्त राष्ट्र के समझौते के अनुरूप काम करने के अधिकार देने तथा उसको और मजबूत बनाने के इसमें प्रावधान है

श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी उन्होंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि अंशदान में कमी के कारण बीमित कामगारों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई कमी नहीं आएगी

उन्होंने कहा कि जालोर के कृछ स्थानों पर जहां वाहन नहीं पहंच पा रहे वहां कीटनाशक के हवाई छिड़काव के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति ली जा रही है आज राज्य विधानसभा में भाजपा नेता राजेंद्र राठौड तथा नारायण देवल ने टिडडी दल के हमले का मुददा उठाते हए कहा कि आठ जिलों में टिडडी दल का फैलाव बढता जा रहा है और किसान चिंतित हैं इस पर हस्तक्षेप करते हुए श्री कटारिया ने कहा कि टिड्डी दल ने पाकिस्तान यमन तथा ईरान के रास्ते से राज्य में प्रवेश किया है तथा यह किसानों के लिए भारी संकट पैदा कर सकता है उन्होंने कहा कि टिड्डी दल के आने का पता चलते ही कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए आस पास के जिलों से अतिरिक्त कर्मचारियों और वाहनों की व्यवस्था की गई है उन्होंने कहा कि विभाग पूरी तरह मुस्तैद है तथा केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है

आज विधानसभा में भाजपा विधायक ज्ञानचंद पारख के तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए श्री चौधरी ने कहा कि कई गांवों में वंचित तथा गरीब परिवार गैर आबादी भूमि पर वर्षो से बसे हए हैं औरं सरकार के पास ऐसी भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने के प्रकरण विचाराधीन हैं उन्होंने कहा कि ऐसी भूमि को गोचर भूमि से भरपाई कर या किस तरह से आबादी भूमि में परिवर्तित कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाई जाए इस पर विचार किया जा रहा है

आज विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा विधायक अशोक लाहौटी ने शास्त्रीनगर में एक और दो जुलाई को भीड़ द्वारा मचाये गये उपद्रव का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि जयपुर के कई इलाकों में अघोषित कफर्य लगा दिया गया

दूसरी ओर जयपुर बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि कोई भी अधिवक्ता इस मामले के आरोपी जीवाणु की पैरवी नहीं करेगा

यह राशि ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा की छात्राओं सहित कृषि स्नातक की पढाई करने वाली छात्राओं को दी जाएगी

श्रीमती मौर्य की श्री सिंह से यह शिष्टाचार भेंट थी

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि यात्री यूटीएस एप के जरिए अनारक्षित टिकट प्राप्त कर सकते हैं उन्होंने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे के चारो मंडलों में यह सुविधा शुरू की जा चुकी है

श्री शर्मा ने कहा कि जल्द ही स्टेशनों पर क्यूआर कोड की सुविधा भी उपलब्य होगी जिससे यात्रियों को इस ऐप के प्रयोग करने में और सुविधा हो जायेगी उन्होंने बताया कि अनारक्षित टिकट स्टेशन परिसर में ही बुक किए जा सकेंगे

मेजर जनरल आइच ने इस अवसर पर कहा कि जैसलमेर में रेगिस्तान का बढना बड़ी समस्या है ऐसे में सेना ने अपने सामजिक दायित्व को देखते हुए पौधारोपण की पहल की है और आने वाले दिनों में इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा

हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि पाकिस्तान से लगते जम्मू कश्मीर से लेकर ग्जरात तक एक हजार किलोमीटर लम्बे सीमा क्षेत्र में सुदर्शन नाम का ये अभियान चलाया जा रहा है

वन विभाग के अधिकारी सुदर्शन शर्मा ने बताया कि ये तकनीक प्रचलित वाटर हॉल तकनीक की तुलना में ज्यादा कारगर साबित होगी

ऐसे मकानों को चिन्हित कर सूचीबद्ध करने का कार्य निगम ने कनिष्ठ अभियंताओं को सौंपा है निगम के उपायुक्त ने बताया कि ऐसी इमारतों के मालिकों को पहले खूद के स्तर पर इन्हें गिराने के नोटिस दिए जाएंगे अगर उन्होंने इसकी पालना नहीं की तो निगम इन्हें गिराकर उनसे इसका खर्च वसुल करेगा

इसके अलावा चित्तौड़गढ भीलवाडा सीकर कोटा चूरू और टोंक जिलों में कई जगह बरसात होने की खबर है

प्रदेश के अन्य जल स्रोतों में भी पानी की आवक हो रही है